प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वृंदावन का दौरा करेंगे जहां वे चंद्रोदय मंदिर में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा भोजन की तीन अरबवीं थाली परोसे जाने के सिलसिले में एक पट्टकिं का अनावरण करेंगे वे वंचित वर्गों के स्कूली बच्चों को भोजन की तीन अरबवीं थाली परोसेंगे अक्षय पात्र संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ भोजन करेंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे अक्षय पात्र संस्था द्वारा देश भर के चौवालीस शहरों में पिछले अट्ठारह साल से समाज के वंचित वर्ग के तीन अरब स्कूली बच्चों को अब तक भोजन परोसने का काम पूरा किया गया है इसी सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वे यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे

हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि प्रघानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है वृन्दावन में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये गये है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनरुद्व पंकज ने बताया कि कार्यक्रम स्थल को सोलह जोन और सत्ताईस सेक्टर में बांटा गया है

उन्होंने बिजली चोरी करने वालों से सखी से निपटने का निर्देश दिया राज्यपाल ने कल लखनऊ के इंदिरा गॉधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए आयोजित संगोष्ठी पॉवर फॉर ऑल का उद्घाटन करते हुए यह बात कही श्री नाईक ने कहा कि विद्युत व्यवस्था में जूनियर इंजीनियर सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं उन्हे उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में अपना योगदान देना चाहिए श्री नाईक ने कहा कि प्रदेश में हर घर में बिजली पहॅचाना एक बड़ा काम है विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस दायित्व को चुनौती के रूप में स्वीकार कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें

इस अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में तमाम प्रयास किये हैं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से राज्य में तीन मेगा फूड पार्क स्थापित किये जा रहे हैं इससे किसानों और कम्पनियों को सीवे जोड़ने का काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मेगा फूड पार्क से पच्चीस हजार किसानों को सीधे फायदा होगा वहीं करीब पांच हजार लोगों को रोजगार मिलेगा इस अवसर पर सांसद हेमामालिनी ने कहा कि मथुरा के विकास के लिए अनेक कार्य किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि बसराना छाता शेरगढ़ नौहझील और बाजना तक फूड पार्क जोन बनाने की सरकार की योजना है

श्रद्वालुओं ने प्रयागराज के संगम सहित विभिन्न तीर्थस्थलों में पवित्र नदियों में स्नान कर के पूजा पाठ और दान पुण्य किया प्रयागराज में चल रहे कम्म मेले के तीसरे और अंतिम शाही स्नान में लगभग दो करोड़ लोगों संगम सहित गंगा के विभिन्न घाटो पर ड्बकी लगाई मेला प्रशासन ने बताया कि पन्द्रह जनवरी से शुरू हुए कुम्म में अब तक लगभग सोलह करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगायी है एक रिपोर्ट शाही स्नान का आरंभ सुबह परम्परानुसार विभिन्न अखाड़ों के संतों और साधकों के स्नान से हुआ

चित्रकूट में यमुना और मंदाकिनी नदियों में पूरे दिन स्नानार्थियों के दल पहुंचते रहे लोगों ने वहां स्नान और पूजा पाठ किया अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में लोगों ने पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के बाद दान पृण्य किया वसंत पंचमी के दिन मॉ सरस्वती की आराधन का दिन है विभिन्न जिलों में कई स्थानों पर पाण्डालों में माँ सरस्वती की मूर्तियों की स्थापना कर के लोगों ने पूजा पाठ किया उधर वसंत ऋतु से उत्साहित पश्चिमी जिलों में लोगों ने कल जमकर पतंगबाजी की कल ही प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हिन्दी कवि महाप्राण पण्डित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती भी मनायी गयी विभिन्न स्थानों पर कल निराला जी की स्मृति में कवि सम्मेलन तथा साहित्य गोष्ठियों के आयोजन किए गये वाराणसी में कल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया कल ही से ब्रजमण्डल में होली का पर्व शुरू हो गया ब्रज के प्रमुख मंदिरों में कल से इकतालिस दिन के होली उत्सव का शुभारम्भ हो गया वृन्दावन के बाकेंविहारी मंदिर में कल होली मनाई गयी भक्तों ने वहां जमकर अबीर ग्लाल उड़ाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीनों ने छापेमारी करके अब तक एक लाख तीस हजार लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की है इस संबंध में दो हजार आठ सौ बारह मुकदमें दर्ज किये गये हैं और तीन हजार उन्चास लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में जहरीली शराब मामले में तीन अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं और उन्तालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है सहारनपुर में दस पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है वहीं कुशीनगर जिले में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद तमकुहीराज के पुलिस उपाधीक्षक को हटा दिया है परसों पुलिस महानिरीक्षक जयनारायण सिंह ने तरया सुजान थाने के सभी सैतालीस पुलिसकर्मियों को लाईन हाजिर करने का निर्देश दिया था इनमें तरया सुजान थाना व दो चौकियों में तैनात दो दरोगा छह हेडकांस्टेबल व उन्तालीस कांस्टेबल शामिल हैं प्रदेश में जहरीली शराब पीने से अब तक पैतालीस लोगों की मौत हो चुकी है सहारनपुर जिले में छत्तीस जबकि क्शीनगर में नौ लोग जहरीली शराब पीने से मारे गये है

कल से शुरू हुए तीन दिन के इस आयोजन में विभिन्न देशों के पन्चानबे से अधिक ऊर्जा मंत्री भाग ले रहे हैं इस सम्मेलन का विषय है सभी को सतत और सुरक्षित ऊर्जा सुलभ कराने के लिए सहयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज इसका औपचारिक उदघाटन करेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने सम्मेलन में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं प्रदेश में गन्ना किसानों के लम्बे समय से बकाया चल रहे इक्यासी करोड़ रूपये का भुगतान सरकार द्वारा पूर्ण करा दिया गया है सरकार के इस कदम से बासठ हजार से अधिक गन्ना किसानों को फायदा हुआ है गन्ना विभाग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह भुगतान विभिन्न कारणों से लम्बे समय से बकाया था जिसके लिए विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया था इस अभियान के तहत लाभ पाने वाले किसानों में से ज्यादातर मेरठ सहारनपुर मुरादाबाद बरेली लखनऊ फैजाबाद और देवीपाटन मण्डलों की सहकारी समितियों के सदस्य किसान थे विज्ञप्ति के मुताबिक यह पैसा बरसों से गन्ना समितियों और चीनी मिलो के खाते में पड़ा हुआ था और गन्ना किसानों के साथ ही उनके परिजनों ने भी अब इस भुगतान की आस छोड़ दी थी गन्ना आयुक्त की ओर से विशेष अभियान चलाकर ऐसी बकाया राशि को खातों से निकलवा कर सीधे किसानों के खातें में पहुंचाया गया